प्रमुख राजनैतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लगातार दौरे हो रहे है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज श्री गंगानगर में रोड शो करेंगे वे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मारवाड क्षेत्र में जनसभाएं कर रही है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लालसोट में जनसभा का संबोधित किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ब्यावर में रोड शो कर रहे है इसके बाद उनका टोंक में जनसभा का कार्यक्रम है

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि पहले चरण में जयपूर में सुबह से शाम तक स्टेच्यू सर्किल पर पेंटिंग प्रतियोगिता म्हारो सतरंगी लोकतंत्र आयोजित की जाएगी

उन्होंने बताया कि इसमें राज्य के सातों संभागों से चयनित जिलों से आमंत्रित कलाकारों द्वारा मतदाता जागरुकता के लिए संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी श्री जोगाराम ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर एक स्वीप प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा

इसके अलीवा अशोक चक्र तथा सुगम्य मतदान के प्रतीक भी बनाए गए हमारे संवाददाता ने बताया कि इस आयोजन को इंडिया बुंक ऑफ रिकॉर्ड तथा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने के प्रयास किये गये है

इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी शामिल है

इसके अंतर्गत पहला सम्मेलन आज हो रहा है जिसका विषय है नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां प्रारूपों का निर्माण इस सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के सुप्रसिद्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हो रहे है इस स्वास्थ्य प्रणाली की परिकल्पना मौजूदा और भावी कार्यक्रमों को समेकित करने वित्त व्यवस्था मानव संसाधन और नीतियों से जुड़ी हुई हैं

सम्मेलन में भारत की मिलीजुली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी स्तरों पर मानक सुविधा कायम करने और इसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी

वे साठ वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से हृदय रोग का उपचार करा रहे थे इसी वर्ष अप्रैल में वे आकाशवाणी नई दिल्ली से सेवानिवृत्त हुए थे

इससे पहले उन्होंने कैज़ुअल अनाउंसर के रूप में भी सेवाएं दीं

पीसीआरए के निदेशक नवीन ग्लाटी ने बताया कि इससे जहां एक ओर रोडवेज को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी

हादसे में कार में सवार दो लोगो की मौत हो गई

इनके पास से हथियार भी बरामद किये गये है